ये दल सरकारों के साथ मिलकर महामारी के मामलों में तेजी के कारणों का पता लगाएंगे और इसकी रोकथाम के उपाय सुझाएंगे छत्तीसगढ में भेजे गये दल के अध्यक्ष राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह हैं और उनके साथ एम्स रायपुर तथा अखिल भारतीय आरोग्य और जन स्वास्थ्य संस्थान के विशेषज्ञ भी हैं यह दल महामारी से सबसे अधिक प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर अमल का जायजा लेंगे वे प्रमुख निष्कर्षों सिफारिशों और बचाव के उपायों के बारे में अपने विचार केंद्र को सौंपेंगे

कल प्रदेश में दो हजार चार सौ उन्नीस कोरोना संक्रमण के नये मामले सामने आए इनमें से तीन लाख चौदह हजार से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में लगभग तेरह हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कोरोना से अब तक चार हजार छब्बीस लोगों की मृत्यु हो चुकी है दुर्ग जिले में कल कोरोना संक्रमित नौ सौ तेरह नये मरीजों की पहचान की गई कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण पाए जाने पर वे तुरंत जांच करवाएं वहीं जिले में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए व्यापक पैमाने पर सर्वे किया जा रहा है तीन सौ से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अब तक हॉटस्पॉट इलाकों के करीब चार हजार घरों में सघन सर्वे किया है इसी तरह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थस्थल चंद्रगिरी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा आयोजित मौन और ध्यान शिविर को कोरोना मरीज मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है शिविर में पहंचे चौंतीस लोगों में से सात कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरशोर से चल रहा है कल उनसठ हजार तीन सौ तिरपन लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्टेट टीम लीडर प्रणीत फटाले ने बताया कि अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी प्रभावी दर अच्छी है और इससे होने वाले विपरीत प्रभाव भी नगण्य है इसलिए सभी पात्र लोगों को तुरंत कोरोना का टीका लगवाना चाहिए

साथ ही रायपुर में धारा एक सौ चवालीस लागू होने के मद्देनजर पूर्व में दिए गए आयोजनों की अनुमति को भी रद्द कर दिया गया है उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की जा रही है कोंडागांव नगर पालिका परिषद द्वारा अब तक लगभग ढाई हजार लोगों से साढ़े पांच लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है इधर राजनांदगांव में धारा एक सौ चवालीस लागू होने के बाद पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गो में फ्लैग मार्च किया और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की समझाइश दी वहीं दुर्ग जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बिना पर्ची के सर्दी खांसी की दवा बेचने वाली पांच मेडिकल दुकानों को बंद करने की कार्रवाई की है इस बीच छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे समय व्यापार किए जाने का निर्णय लिया है चेंबर के पदाधिकारियों का कहना है कि व्यापार का समय कम किए जाने से बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है चेंबर ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जिला कलेक्टर रायपुर और दुर्ग से भेंटकर लॉकडाउन नहीं लगाने का आग्रह किया है चेंबर ने सभी व्यापारियों को प्रतिदिन कोरोना जांच कराने और अधिक से अधिक संख्या में टीका लगवाने की अपील की है ताकि इस महामारी से बचा जा सके कोरोना अस्पताल वहीं दुर्ग जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सौ बिस्तर आरक्षित किए गए हैं साथ ही चंदूलाल चंद्राकर कोविड सेंटर में भी आज से इलाज शुरू कर दिया गया है इसके अलावा धमतरी जिला अस्पताल में करीब डेढ़ करोड़ रूपये की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व में संचालित कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा शुरू करने और अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए आवश्यक समन्वय करने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि पूर्व में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हए निजी अस्पतालों को भी इलाज की अनुमति दी गई थी मरीजों की कमी के कारण वर्तमान में कई अस्पतालों ने कोरोना का उपचार बंद कर दिया है इस महीने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों में इलाज और शासकीय कोविड केयर सेंटर्स को पुनः शुरू किया जाना आवश्यक है स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे निजी अस्पताल जहां कोरोना संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण इलाज की अनुमति निरस्त कर दी गई थी उन्हें शामिल नहीं करने को कहा है

इसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से पांच सौ रूपये अर्थदण्ड वसूला जाएगा इसके पहले यह राशि सौ रूपये थी इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से अपील की है कि वे मास्क लगाकर ही अपने घर से निकलें साथ ही सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहें इस बीच प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में सामान्य और ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की उपलब्धता बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में तीस डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में तीन हजार पांच सौ तेईस बेड एक सौ तैंतीस कोविड केयर इकाइयों में सोलह हजार तीन सौ तिरसठ बेड और अटहत्तर निजी अस्पतालों में दो हजार छह सौ अटहत्तर बेड उपलब्ध हैं इसके साथ ही चुनिंदा निजी अस्पतालों के पचास प्रतिशत बेड में भी ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच रायपुर जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि हालात दुष्कर होते जा रहे हैं और राजधानी के दो बड़े अस्पतालों एम्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में अब वेंटीलेटर के सभी बेड भर चुके हैं रायपुर के पास माना में कोविड अस्पताल को फिर से शुरू किया गया है उन्होंने यह भी बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण के लक्षण पिछली बार से काफी अलग पाए जा रहे हैं डॉक्टर बघेल ने कहा कि यदि किसी को कमर या शरीर में दर्द है और सुस्ती या कमजोरी महसूस हो रही है तो यह भी कोरोना का एक लक्षण हो सकता है ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जल्द से जल्द कोरोना जांच करवानी चाहिए पोषण पखवाड़ा वेबीनार पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर द्वारा फील्ड आउटरीच ब्यूरो बिलासपुर के सहयोग से आज पोषण पखवाड़ा के तहत सही पोषण देश रोशन विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया वेबीनार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो पीआईबी और आरओबी के कर्मचारियों विद्यार्थियों शिक्षाविदों और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया वेबीनार को संबोधित करते हुए गुरू घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमिता ने कहा कि कुपोषण से निपटने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए डीपी व्रिप महाविद्यालय बिलासपुर की समाज शास्त्री डॉक्टर रीना ताम्रकार महिला और बाल विकास विभाग मुंगेली की सुपोषण विशेषज्ञ बिंदु सिंह ने भी वेबीनार को संबोधित किया इस अवसर पर पीआईबी रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव सहायक निदेशक सुनील कुमार तिवारी आरओबी के कार्यालय प्रमुख शैलेष फाये और फील्ड आउटरीच ब्यूरो बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद थे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह पचहत्तरवीं कडी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा अकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा इस कार्यक्रम का आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा बीआईसी सेंटर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की सहभागिता से जैव प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना के पहले चरण में बायोटेक इंक्यूबेशन की स्थापना की गई है रायपुर में स्थापित यह मध्य भारत का पहला सेंटर है इसके लिए नये भवन का निर्माण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में दो एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा सेंटर के नये भवन को सुभाषचंद्र बोस बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा भवन का निर्माण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा करीब साढे तेरह करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा माओवादी घटना कोंडागांव जिले के केशकाल थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे सत्रह वाहनों को आग के हवाले कर दिया ग्राम कुएमारी के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है इसी दौरान वहां करीब बीस की संख्या में माओवादी पहुंचे और काम बंद करने की धमकी देते हुए वाहनों में आग लगा दी